विश्व आदिवासी दिवस आज राज्यस्तरीय समारोह डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम में हो रहा है आयोजित परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा रोडवेज की बसों में जैव ईंधन के इस्तेमाल पर जोर दिया जायेगा प्रदेश में कई स्थानो पर मूसलाधार बारिश बीसलपुर सहित कई बांधों में पानी की आवक जारी

इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र के तौर पर हमने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और अब जम्मू कश्मीर में एक नये युग की शुरूआत हुई है

वहां के कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों को भी देश के अन्य भागों के कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलेंगी श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है सेना और अर्द्धसैनिक बलों द्वारा स्थानीय युवाओं के लिए भर्ती का आयोजन किया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां पारदर्शी चुनाव होगा और लोग अपने प्रतिनिधि चुनेंगे उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि ब्लॉक विकास समिति का गठन किया जाए

विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को कहा है कि वह अपने फैसले पर फिर विचार करे

इस बीच अमरीका ने स्पष्ट किया है कि वह कश्मीर और अन्य मुद्दों पर भारत तथा पाकिस्तान के बीच प्रत्यक्ष वार्ता का समर्थन जारी रखेगा अमरीकी प्रवक्ता पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ राजनयिक संबंध का स्तर घटाने के बाद दक्षिण एशिया की स्थिति पर प्रश्नों का जवाब दे रहे थे उधर समझौता एक्स्प्रेस रेलगाड़ी पंजाब में अटारी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है भारत की ओर से इस रेलगाडी को वाघा से अटारी रेलवे स्टेशन लाने के लिए एक इंजन और चालक दल तथा गार्ड भेजे गए थे उत्तरी रेलवे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने समझौता एक्स्प्रेस के चालक दल और गार्ड की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की थी इस बीच आज रात जोधपुर से पाकिस्तान के लिये थार एक्सप्रेस रवाना होगी

इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह ड्गरपुर जिले के बेणेश्वर धाम में आयोजित होगा राजस्थान प्रदेश आदिवासी कांग्रेस भी आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में विश्व आदिवासी दिवस महोत्सव आयोजित कर रही है राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर इस उपलक्ष में आज पूरे राज्य में ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है इस बीच जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने उदयपुर डूँगरपुर बाँसवाड़ा चितौड़गढ़ प्रतापगढ़ सिरोही राजसमंद और पाली जिलों के कलेक्टरों से आज स्थानीय अवकाश घोषित करने को कहा है राज्यपाल कल्याण सिंह ने विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेशवासियों विशेषकर राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोडने के साथ ही उनकी विरासत को बचाने के लिये कृतसंकल्प है

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के भी अवसर प्राप्त हो सकते है श्री पायलट आज जयपुर के साईस पार्क में विश्व जैव ईधन दिवस के उपलक्ष में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे

कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि रोडवेज की बसों में जैव ईंधन के इस्तेमाल पर जोर दिया जायेगा

उन्होंने कहा कि देश के हालात को देखते हुए संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी कानूनविदो पर है श्री गहलोत कल जयपुर में बार एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में बोल रहे थे

सवाईमाधोपुर में रूक रूक कर मध्यम बरसात हो रही है उदयपुर में कल शाम से शुरू हआ मूसलाधार बारिश का दौर आज सुबह तक जारी रहा